राज्यपाल ने शुक्रवार को तवांग में विभागीय प्रमुखों के साथ बातचीत के दौरान उनसे युवाओं को सैन्य बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में निष्पक्षता और प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए पर जोर देते हुए पुलिस कर्मियों को समूचित आवासीय सुविधा पर जोर दिया राज्यपाल ने सरकारी अधिकारियों को विकास का स्तंभ बताते हुए समाज में एक समान विकास सुनिश्चित करने को कहा उन्होंने कल तवांग युद्ध स्मारक में उन्नीस सौ बासठ के भारत चीन युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजली दी श्री मिश्रा ने प्रमुख बौद्ध मठों का भी दौरा किया

इस दौरान मोटर वाहन की भी जांच की गई पुलिस ने जांच के दौरान वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाने के वजाय उन्हें आवश्यक जानकारियां दी तेजू के एस डी ओ काजल कर्माकर ने व्यक्तिगत और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए लोगों से सड़क सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की

एस डी ओ ताबम बोदुंग ने इस शिविर में किशोर न्याय कानून और समन्वित बाल सुरक्षा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा होनी चाहिए और दुनिया को बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है

श्री नायडू ने आज हैदराबाद में उगाड़ी के मौके पर कहा कि भारतीय संस्कृति की मूल भावना सर्वकल्याण की रही है

आज नई दिल्ली में कृषि उन्नति मेले के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम आने शुरु हो गये है श्री सिंह ने कहा कि इन प्रयासों से किसानों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नई कार्य शैली के कारण किसान तकनीक और नी खोजों के उपयोग के प्रति जागरुक हुए हैं श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने पने कार्यालय में कृषि पर एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपये खर्च किए जबकि मौजूदा सरकार चार वर्ष में ही दो लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है उन्होंने कहा कि हर वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए व्यय और बजट प्रावधानों में वृद्धि की जा रही है कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रति संकल्पित है

चैत्र नवरात्र की शुरुआत भी आज से ही होती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न ढंग से मनाये जाने वाले ये त्योहार विविधता में एकता को दर्शाते है उन्होंने आशा व्यक्त की कि इनसे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच भाईचारा और मजबूत होगा उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्यौहार पारंपरिक नववर्ष के शुभारंभ तथा देश की विविध संस्कृति और समृद्धि विरासत के प्रतीक है उन्होंने लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि की कामना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने देश में लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया है

पेचिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वार्षिक सत्र में दो हजार नौ सौ चौसठ सदस्यों ने श्री ली के पक्ष में जबकि दो सदस्यों ने विरोध में मतदान किया

एक विज्ञप्ति में प्राधिकरण ने आधार पहचान प्रणाली को मजब्रत बताया विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट पर आधार कार्ड पोस्ट किए जाने का यू आई डी ए आई से किसी तरह का संबंध नहीं है और इसका आधार सुरक्षा पर कोई असर नहीं होगा बारह अंकीय बायोमीट्रिक पहचान जारी करने वाले प्राधिकरण ने जोर देकर कहा कि किसी भी अन्य पहचान दस्तावेज की तरह आधार भी गोपनीय दस्तावेज नहीं है प्राधिकरण का तर्क है कि सिर्फ किसी के आधार कार्ड की जानकारी होने मात्र से उसका अनुचित फायदा नहीं उठाया जा सकता क्योंकि पहचान स्थापित करने के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन भी आवश्यक होता है यह भी कहा गया है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित किए जाने से आधार की सुरक्षा पर किसी तरह का खतरा नहीं है और आधार डेटाबेस सुरक्षित रहता है हालही में कुछ खबरों में थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आधारित की जानकारी उपलब्ध होने और गूगल खोज में कोई लोगों के आधार का ब्यौरा मिलने का दावा किए जाने के बाद प्राधिकरण ने विज्ञप्ति जारी की है

आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया